लोकसभा चुनाव के छठें चरण के लिये प्रदेश की चौदह सीटों पर कल वोट डाले जायेंगे

इस चरण में दो करोड़ सत्तावन लाख इकहत्तर हजार से अधिक मतदाता एक सौ सतहत्तर उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे

छठे चरण का चुनाव जिनकी किस्मत का फैसला करेगा उनमे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भोजपुरी फिल्म स्टार और भाजपा उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी भाजपा उम्मीदवार और राज्य सरकार में मंत्री रीता बहुगुणा जोशी और मुकुट बिहारी वर्मा भाजपा नेता जगदंबिका पाल हरीश द्विवेदी और कांग्रेस नेता डॉक्टर संजय सिंह शामिल है सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार सोनभद्र छठें चरण में भाजपा के चौदह प्रत्याशी कांग्रेस के ग्यारह बसपा के ग्यारह सपा के तीन सीपीआई के तीन तथा शेष अन्य एवं निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने बताया कि पोलिंग पार्टियों को मतदान केन्द्रों के लिये रवाना कर दिया गया है उन्होंने बताया कि छठें चरण की चौदह सीटों पर मतदान कराने के लिये सोलह हजार नौ सौ अट्ठानवे मतदान केन्द्र और उन्तीस हजार छिहत्तर मतदेय स्थल बनाय गये हैं स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने के लिये अर्द्व सैनिक बल एवं पीएसी के जवानों की तैनाती की गई है छठें चरण के अन्तर्गत जौनपुर में कल होने वाले मतदान के लिये प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है जिले में पैंतीस उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं

लोकसभा की दोनों सीटों पर भाजपा व सपा बसपा गठबंधन से सीधा मुकाबला दिखाई दे रहा है लोलारक दूबे आकाशवाणी समाचार जौनपुर बस्ती में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सम्पन्न कराने के लिये पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ संवेदनशील बूथों पर माइक्रो आब्जर्वर लगाये गये हैं बस्ती में भाजपा प्रत्याशी हरीश द्विवेदी और गठबंधन प्रत्याशी के बीच मुख्य मुकाबला है

मतदान प्रतिशत को बढाने के लिए मतदान केन्दों पर रहने खाने के साथ मतदाताओं के लिए भी बैठने पानी पीने दिव्यांगों के लिए व्हीचेयर आदि की व्यवस्था की गयीं है अमित कुमार सिंह आकाशवाणी समाचार बस्ती बारह मई को मतदान वाले जिलों में निगोशिएबल इंस्टूमेंट एक्ट के तहत सार्वजनिक अवकाश के अलावा कारखाने सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान एवं दुकाने बंद रहेंगे लोकसभा के सातवें चरण के लिये चुनाव प्रचार तेज हो गया है इसी क्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज सोनभद्र और गाजीपुर जिले में चुनावी रैलियों को संबोधित किया सोनभद्र के राबर्ट्सगंज संसदीय क्षेत्र में भाजपा के सहयोगी अपना दल के प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित जनसभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि अगर केन्द्र में भाजपा सरकार दोबारा सत्ता में आती है तो यहां की मुख्य पानी की समस्या पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा और इसके लिये अलग से मंत्रालय का गठन किया जायेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लिये बिजली का उत्पादन करने वाले इस जिले के बहुत से गांव आज भी अंधेरे में डूबे हुए हैं उन्होंने कहा कि सोनभद्र प्रदेश के लिये सबसे अधिक राजस्व उत्पन्न करने वाला जिला है लेकिन इसके बावजूद सपा बसपा के कार्यकाल में यहां कोई भी विकास नहीं हुआ है उन्होंने कहा कि कोई भी देश कमजोर सरकारों के रहते शक्तिशाली नहीं बन सकता उन्होंने केन्द्र में मजबूत सरकार के गठन के लिये जनता से सहयोग की अपील की बाइट जब भी महामिलावटी सरकार होती है तो वह राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरे में डाल देती है जब तीसरे मोर्चे की महामिलावटी सरकार यही समाजवादी पार्टी मंत्रिमंडल में शामिल थी तब इन्होंने देश का क्या हाल कर दिया था महामिलावटी सरकार ने हमारे पूरे खुफिया तंत्र को ही अंदर से दीमक लगा दी थी खोखला कर दिया बर्बाद कर दिया था इसका खामियाजा प्ररे देश को लम्बे समय तक भुगतना पड़ा

उन्होंने कहा कि इतना बड़ा फैसला लेने की हिम्मत किसी भी सरकार में नहीं थी बाइट भारत के पास इतना बड़ा सामर्थ्य पहले भी था लेकिन भाजपा सरकार से भी पहले की सरकार में वह हिम्मत नहीं थी कि वह ऐसा फैसला ले सके ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि तब हासिल होती है जब राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि हो तभी आप मे परमाणु परीक्षण जैसे बड़े फैसले करने की हिम्मत पैदा होती है तभी आप अंतरिक्ष में भी मिशन शक्ति की हिम्मत दिखाते हैं तभी आप आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दे पाते है बाद में प्रधानमंत्री ने गाजीपुर में भी चुनावी जनसभा को संबोधित किया पिछले पांच वर्षो के दौरान गाजीपूर में कराये गये विकास कार्यो का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस सपा और बसपा की जम कर आलोचना की उन्होंने कहा कि कांग्रस ने गरीबों और किसानों के साथ कभी न्याय नहीं किया उन्होंने गाजीपुर सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरीबी और बदहाली के लिये पूर्ववर्ती सरकारों को जिम्मेदार ठहराया गाजीपुर से रेल राज्य मंत्री और भाजपा प्रत्याशी मनोज सिन्हा चुनाव लड़ रहे हैं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

लोकसभा चूनाव के सातवें और आखिरी चरण में प्रदेश की तेरह संसदीय सीटों पर उन्नीस मई को वोट डाले जायेंगे सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक विभिन्न स्थानों पर चूनावी रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं बलिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करते हुए एक जनसभा में कहा कि आज देश आतंकवाद भ्रष्टाचार और अराजकता के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है उन्होंने लोगों से नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र में एक मजबूत सरकार के गठन के लिये सोच समझ कर वोट करने की अपील की उन्होंने कहा कि कांग्रेस सपा और बसपा हार के डर से अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आज गोरखप्र में दो स्थानों में जनसभाओं को संबोधित किया लोकसभा चुनाव के बाद तेईस मई को होने वाली मतगणना को लेकर कल आगरा कमिश्नरी सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया

बैठक में देश के उप निर्वाचन आयुक्त सुधीर जैन ने आगरा अलीगढ़ मेरठ मुरादाबाद सहारनप़र बरेली लखनऊ झांसी चित्रकूट कानपुर मंडल के जिलाधिकारी और रिटर्निंग अधिकारियों को मतगणना से संबंधित जरूरी दिशा निर्देश दिये